इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरूआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस एतिहासिक कालखण्ड के साक्षी बन रहे हैं आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का मतलब पचहत्तर विचार पचहत्तर उपलब्धियां और पचहत्तर कार्यों तथा संकल्पों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा

राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेताओं की जीवनगाथा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है पांच दिवसीय इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज राज्य के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और सांसद सुनील सोनी ने किया इस अवसर पर संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद राज्य के संस्कृति सचिव अन्बलगन पी पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल और संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य भी उपरिथित थे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायी कार्यक्रम है

इस मौके पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता सेनानियों का भी आजादी के संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि हमें आजादी आसानी से नहीं मिली है श्री सोनी ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए

रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में लगी यह प्रदर्शनी सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय पत्र सूचना कार्यालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज ही धमतरी जिले में साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया इस रैली को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर से वर्चुअल रूप से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया यह साइकिल रैली धमतरी के शास्त्री चौक से रवाना होकर राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए गौरव ग्राम कंडेल पहुंची इस रैली में पचहत्तर साइकिल सवारों ने भाग लिया गौरतलब है कि धमतरी जिले में स्थित कंडेल गांव से ही छत्तीसगढ़ में वर्ष दो हजार बीस में सत्याग्रह आंदोलन की शुरूआत हुई थी यहां अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ किसानों ने नहर सत्याग्रह शुरू किया था किसानों के इस आंदोलन की वजह से ही महात्मा गांधी का पहली बार वर्ष उन्नीस सौ बीस में छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था उधर जगदलपुर में अमृत महोत्सव के तहत जिले के तेरह स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया इस दौरान पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के विद्यार्थियों को नालसा योजना आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तीन सौ अटहत्तर नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन लाख पंद्रह हजार आठ सौ चौंसठ पहुंच गया है वर्तमान में तीन हजार पांच सौ सैंतीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है कलेक्टर ने कल जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि अब शादी समारोह धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए अनुमति जरूरी होगी आयोजनों में दो सौ से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी वहीं प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक इंक्यावन प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूसरे डोज का टीका लगाया जा चुका है आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कोरोना का टीका लगवाया कृषि मंत्री ने लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की और कहा कि टीकाकरण के बाद भी मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें

यहां बाईस एकड़ क्षेत्र में बारह करोड़ रूपये की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सीड ग्रेडिंग यूनिट तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की दो और इकाइयों की स्थापना कर शीघ्र शुभारंभ किया जाएगा केला पपीता और सब्जियों की यूनिट भी शुरू की जाएगी जिसमें अनुदान और अन्य लाभ दिए जाएंगे तृतीय लिंग पुलिस आरक्षक प्रदेश में तृतीय लिंग समुदाय से चयनित पुलिस आरक्षकों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से रायपुर में भेंटकर उनका आभार प्रकट किया गृह मंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के सभी आरक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं इन चयनित पुलिस आरक्षकों ने आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमथी नायक से भी सौजन्य भेंट की उल्लेखनीय है कि रायपुर रेंज पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा में तृतीय लिंग समुदाय के तेरह उम्मीदवारों का पुलिस आरक्षक पद पर चयन हुआ है हादसा सूरजपुर जिला मुख्यालय में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक साधुराम सेवाकुंज के पास अज्ञात ट्रक ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी इस हादसे में दोपहिया वाहन में सवार महिला पुरूष और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई उधर राजनांदगांव जिले के डॉगरगढ़ क्षेत्र में करमरी और मटियामोती नाला रोड के बीच कल शाम दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिडंत में दो युवकों की मौत हो गई वहीं बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ग्राम राका के पास ट्रक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई इधर जांजगीर चांपा जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई इनमें दो लोगों की मौत ट्रेन से कटकर हुई जबकि एक की मौत मोटरसाइकिल से गिरने और एक अन्य की मौत तालाब में डूबने से हुई

तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ नागार्जुन सुरई ससाई ने किया इस महोत्सव में बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक विद्वान शामिल हुए शोध संगोष्ठी में धम्म कला स्थापत्य शिक्षा संस्कृति साहित्य और इतिहास पर केंद्रित व्याख्यान होंगे उधर जगदलपुर में आयोजित तीन दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का कल समापन हो गया इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया उधर कोरबा जिले में कल से शुरू हुए दो दिवसीय पाली महोत्सव का आज समापन हो रहा है महोत्सव में स्थानीय और रंगमंच के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृति दी जा रही है वहीं छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले पवित्र त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेला का कल समापन हो गया समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजिम एक शहर नहीं बल्कि धर्म अध्यात्म और संस्कृति का परिचय है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मेले के दौरान राजिम सहित आसपास के इलाके की शराब दुकानों को पंद्रह दिनों तक बंद रखे जाने की घोषणा की रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वेस्टइंडीज का मुकाबला बांग्लादेश लीजेंडस से होगा इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स ने इंग्लैण्ड लीजेंड्स को आठ विकेट से पराजित किया

इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नबीन नितिन सहित पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे

वहीं लगभग दो हजार अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के लिए चयन हुआ है लिखित परीक्षा आगामी मई माह के अंतिम सप्ताह में नवा रायपुर में कलिंगा यूनिवर्सिटी में आयोजित होगी